प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रमुख बुनियादो ढांचागत क्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा की इनमें प्रधानमंत्री सड़क योजना ग्रामीण और शहरी आवास रेल हवाई अड्डे आर बंदरगाहों की बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं शामिल हैं समीक्षा बैठक में ढाचागत परियोजनाओं से जुड़े मंत्रालयों नीति आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे नीति आयोग के कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने बैठक में बताया कि सड़क निर्माण का काम काफी तेज गति से चल रहा है

प्रधानमंत्री को ग्रामीण आवास क्षेत्र के बारे में बताया गया कि इस अवधि में एक करोड़ से अधिक मकानों का निर्माण किया गया इससे आवासीय क्षेत्र और निर्माण उद्योग में रोजगार के अवसर बढ़े हैं

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इससे रेलवे में और अधिक नौकरियां सुनिश्चित की जा सकेंगी सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन के पदों के लिए सैंतालीस लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है

रेल मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार उम्मीदवारों को उनके निजी या नजदीकी शहरों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने पर पूरा ध्यान दिया गया है रेलवे सूत्रों ने बताया कि महिलाओं और दिव्यांग उम्मीदवारों को परीक्षा केन्द्र उनके ही शहर या पड़ोस क शहर में आवंटित करने को प्राथमिकता दी गई है ये खाली पद विभिन्न रेलवे क्षेत्रों और राज्यों में हैं और इनके लिए पूरे देश के उम्मीदवारों ने आवेदन किया है गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया है कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के मसौदे में जिन लोगों के नाम छूट गये हैं उन्हें पूरा अवसर दिया जायेगा राज्यसभा में आज संक्षिप्त बहस का उत्तर देते हुए गृहमंत्री ने कहा कि किसी के खिलाफ बल पूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी फाइनल एनआरसी के पहले सभी को लीगल प्रोविजेंस के अनुसार क्लेम्स एंड आब्जेक्शन्स यह भी फाइल करने का पूरा अवसर मिलेगा इसके अलावा फाइनल एनआरसी के पश्चात ही सभी संबंधित व्यक्तियों को फोरनर्स क्रिमिनल्स के पास भी जाने का पूरा अवसर रहेगा गृहमंत्री कहा कि एनआरसी की प्रक्रिया बिना किसी भेदभाव के पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से की जा रही है और उच्चतम न्यायालय पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है लोकसभा ने एक सौ तेईसवें संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों को दर किनार करते हुए दो तिहाई बहुमत से कल पारित कर दिया इस विधेयक में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान किया गया है सदन में मौजूद सभी चार सौ छह सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचन्द गहलोत ने कहा नरेन्द्र मोदी सरकार गरीबों पिछड़ों और दलितों के कल्याण के प्रति समर्पित है उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं पिछडे वर्गों के लोगों को भी दी जाएंगी उन्होंने कहा कि इसको संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद आयोग सशक्त होगा बांग्लादेश थल सेनाध्यक्ष जनरल अजीज अहमद ने आज लखनऊ छावनी स्थित सेना के मध्य कमान मुख्यालय का दौरा किया अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान जनरल अजीज अहमद ने मध्य कमान के युद्ध समारक स्मृतिका पर माल्यार्पण कर शहीद सैनिकों को श्रद्धाजंलि दी इसके बाद जनरल अजीज अहमद ने ग्यारहवीं गोरखा राइफल्स रेजिमेंटल सेन्टर और सेना चिकित्सा कोर केन्द्र एवं कालेज का दौरा कर सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ग्रेटर नोएडा में गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय में नये शैक्षणिक सत्र की शुरूआत की इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से महात्मा बुद्ध ने विश्व शांति क लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया उसी प्रकार से वे भी महात्मा बुद्ध के बताये रास्तों का अनुसरण करे इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में रूद्राक्ष का पौधा लगाया

मुख्यमंत्री ने ग्रेटर नोएडा के अपने एक दिवसीस दौरे के दौरान आज स्थानीय किसानों के साथ भी बातचीत की उन्होंने किसानों को आश्वस्त करते हुए उनकी हर समस्याओं के समाधान करने का भरोसा दिलाया उन्होंने जेवर एयरपोर्ट की जद में आ रह ग्रामीणों के साथ किये जाने वाले भूमि अधिग्रहण और समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा की प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से अधिक समय से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन बेहाल है और कई इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है गोण्डा जिले की कर्नलगंज तहसील में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने और एल्गिन चरसड़ी बांध के एक हिस्से में कटान की वजह स पचास से अधिक गांव पानी में डूब गये हैं और एक लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए है जिले के प्रभारी मंत्री उपेन्द्र तिवारी ने आज इलाके का दौरा किया और राहत कार्यो का जायजा लिया वहीं सोनभद्र जिले में भी बलुई बांध के एक हिस्से में दरार आने से कई गांवों में पानी घुस गया खतरे की आशंका के मददेनजर प्रशासन ने वाराणसी से एनडीआरफ की टीम बुलाई है और आसपास के एक दर्जन गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है बहराइच सहित तराई के कई जिलों में भारी बारिश से सैकड़ों गांवों पर बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है बहराइच में घाघरा नदी के जलस्तर में बढ़ोत्तरी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है

प्रदेश में प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है शारदा नदी पलियाकलां में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है जिले में हुई भारी बारिश से दुधवा नेशनल पार्क के अधिकांश हिस्सों मे पानी भर गया है और जीव जन्तु भी बचाव के लिए सुरक्षित स्थानों की तलाश कर रहे हैं घाघरा नदी बाराबंकी गोण्डा बहराइच में लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है रायबरेली में सई नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है राहत आयुक्त संजय कूमार ने जानकारी दी है कि पिछले चौबीस घंटों में भारी बारिश और बिजली गिरने से बारह लोगों की मौत हो गई है प्रदेश में भू जल के गिरते स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भू जल संसाधनों की सूरक्षा व संरक्षण के साथ उनके प्रबंधन और नियमन का निर्देश दिये हैं उन्होंने सभी सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू किये जाने के साथ इस तरह की व्यवस्थायें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे भवनों में भी करने का निर्देश दिया है